वे फ्रांस के बियारेत्ज में जी सेवन शिखर सम्मेलन में पर्यावरण पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जैव विविधता जलवायू परिवर्तन और समुद्र में फैले कचरे जैसी वैश्विक चुनौतियों पर बल दिया है

सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

कल पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित कर दी गई थी

सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण और धनराशि की स्वीकृति के लिए इसे केंद्र को भेजा गया है उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से वह क्षेत्र भी सड़क सुविधा से जुड़ेंगे जो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए रहने का समाचार है जबकि राजधानी शिमला में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हमारे चंबा प्रतिनिधि के अनुसार भरमौर हड़सर मार्ग अवरुद्ध होने से कल बंद हुई मणिमहेश यात्रा में गए हजारों की संख्या में फंसे श्रद्वालुओं को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर रोक रखा है मौसम विभाग ने आज अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मणिमहेश यात्रा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मणिमहेश यात्रा स्थगित यात्री फंसे दैनिक भास्कर लिखता है चंबा में पुल बहा मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु फंसे हिमाचल दस्तक ने लिखा है पुल ट्रटने से मणिमहेश यात्रा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक मणिमहेश यात्रा पर मौसम की ब्रेक

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है पैतृक सम्पत्ति की हो सकती है वसीयत अमर उजाला व दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है पैतृक सम्पत्ति की वसीयत करने से रोकने को कोई कानून नहीं कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा सितम्बर में अब केन्द्रों पर मिलेंगे एडमिट कार्ड शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है नकल और फर्जीवाड़े के चलते रद्द कर दी थी परीक्षा इस बार जैमर लगेंगे आपका फैसला की खबर है रामपुर के बधाल में बादल फटा घरों व कई वाहनों को पहुंचा भारी नुकसान

न होटल बेचेंगे न लैंड सीलिंग हटेगी ये ऑफर देने वालों पर कार्रवाई होगी शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है सीएम जयराम बोले सरकार ने नहीं लिया है ऐसा कोई फैसला